प्रधानमंत्री ने कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि इस दौरान केवल आवश्यक सेवा में लगे लोगों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से डॉक्टरों चिकित्सा कर्मियों और सफाई कर्मचारियों की सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने का अनुरोध किया प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित रखने के लिए जरूरी उपाय कर रही है उन्होंने लोगों से घबराहट में जरूरत से अधिक खरीदारी नहीं करने की अपील की मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री के आहवान का समर्थन देने का लोगों से आग्रह किया है उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के संबोधन का उद्रेश्य देश में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाना है जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से भ्रामक सूचना फैलाने से परहेज का भी आग्रह किया है

उन्होंने कहा कि राज्य में आवश्यक वस्तुओं और दवाओं का पर्याप्त भंडार है और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए लोगों से सावधानी और सयंम बरतने का आग्रह किया है

बिंदल ने बताया कि प्रदेश भाजपा ने सभी ज़िला व मंडल स्तर की बैठकें भी स्थगित कर दी है कोरोना प्रबंध प्रदेश में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं लाहौल घाटी में बाहरी राज्यों से आ रहे मजदूरों की सिस्सू दारचा कोकसर और तिंदी में चैकपोस्ट लगाकर स्क्रीनिंग की जा रही है उपायुक्त स्मृतिका नेगी ने लोगों से सहयोग का आहवान किया है उधर किन्नौर जिले की विभिन्न संघों और पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधिमंडल ने आज रिकांगपिओ में उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें चौरा नामक स्थान पर स्थापित चैकपोस्ट में पूरी जांच के बाद ही लोगों को प्रवेश का आग्रह किया गया है राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने देश में बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे के प्रति लोगों को सचेत रहने की सलाह दी है

शिमला से जारी एक प्रैस ब्यान में उन्होंने कहा है कि कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे सरकार के प्रयासों के साथ कांग्रेस पूरी तरह खड़ी है उन्होंने आज आईएसबीटी शिमला में बाहर से आने वाले यात्रियों व अन्य लोगों को मास्क और सैनिटाईजर वितरित किए और बसस्टैंड के आसपास सफाई व्यवस्था का जायजा लिया निगम राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा चालक के पदों के लिए मंडलीय कार्यशाला तारादेवी मंडी जसूर और बिलासपुर में लिए जा रहे प्रारम्भिक ड्राईविंग टैस्ट आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिए गए हैं शिमला स्थित निगम के मंडलीय प्रबंधक के अनुसार कोरोना वायरस को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है

कमेटी के मुख्य प्रवक्ता कुलदीप सिंह पठानिया ने आज चंबा में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि कोरोना वायरस एक गंभीर विषय है और केंद्र व राज्य सरकारों को इससे निपटने के लिए और अधिक पुख्ता प्रबंध करने चाहिए उन्होंने कहा कि लोगों को बिना जरूरत के घरों से निकलने में परहेज करना चाहिए परिचर्चा आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना जागरूकता श्रंखला पर परिचर्चा प्रसारित करेगा